रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का युवा सेना में शामिल होने का इच्छुक है

श्री सिंह आज लखनऊ में रक्षा लेखा पेंशन महानियंत्रक द्वारा आयोजित एक सौ बहत्तरवीं पेशन अदालत के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

रक्षामंत्री ने बताया कि पूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी मामलों के निराकरण के लिये एक कॉल सेन्टर भी बनाया गया है इस दो दिवसीय पेंशन अदालत में राज्य के दूर दराज इलाकों से आये पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया और यह पहला अवसर था कि जब इस तरह के कार्यक्रम में किसी रक्षामंत्री ने भाग लिया हो राज्य में अब तक इस तरह की ग्यारह पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा चूका है और लखनऊ में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया है इस अवसर पर रक्षा लेखा पेंशन महानियंत्रक संजीव मित्तल ने कहा कि पूर्व सैनिकों क पेंशन व्यवस्था तंत्र को पूरी तरह ऑन लाइन किया जा रहा है श्री मित्तल ने कहा कि पूरे देश में बत्तीस लाख पेंशन भोगी पंजीकृत है इनमें कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक भी शामिल है

यह मन की बात की उन्सठवीं कड़ी होगी

मन की बात प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जायेगा

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिये अपने विचार भेजने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि यह समारोह काशी में पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को सीधा अनुभव कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्राचीन संस्कृति विविध हथकरघा और सूती उत्पादों आध्यात्मिक विरासत और जीवन्त पर्यटन केन्द्रों के मामले में कई समानताएं नजर आती है इसलिए आयोजन के लिये वाराणसी का चयन स्वाभाविक था

इस अवसर पर सिने अभिनेत्री जीनत अमान सहित फिल्म संगीत और खेल के क्षेत्रों के कई विभूतिया भी मौजूद थीं राज्य सरकार प्रदेश की आठ प्रमुख नदियों का बेसिन प्लान तैयार कर रही है इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है सिंचाई और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव टीवेंकटेश ने बताया कि गोमती रिवर बेसिन प्लान के साथ साथ अब गंगा यमुना घाघरा राप्ती गंडक रामगंगा और सोन नदियों का रिवर बेसिन प्लान तैयार किया जायेगा योजना के तहत इन नदियों की धारा को अविरल बनाये रखने के लिये आगामी तीस वर्षो का एक्शन प्लान बनाया जायेगा इसमें मौजूदा परिदृश्य के साथ साथ पानी की उपलब्धता ज़रूरत और इन दोनों के बीच के अन्तर की विस्तृत कार्य योजना को शामिल किया जाना है इसके अलावा सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने अपनी मद से प्रदेश की नहरों की सफाई कराने का फैसला किया है अभी तक नहर और रजबहों की सिल्ट सफाई मनरेगा मद से कराई जा रही थी लेकिन मनरेगा मद से धन आवंटित न होने की वजह से सफाई का काम बाधित हो रहा था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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अच्छ चिकित्सक के लिये धैर्यवान और संवेदनशील होना जरूरी है यह बात श्री योगी ने आज लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयूर्विज्ञान संस्थान में नवनिर्मित एकेडमिक ब्लाक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ उपचार करने से मरीज का शीघ्र फायदा होता है मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सहित विभिन्न जन कल्याणकारी कामों के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किया है इसी कड़ी में एक सौ पचास लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली जिससे प्रदेश में एक साल के दौरान अट्ठहत्तर हजार लोगों के जीवन को बचाने में सफलता हासिल हुई प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पिछले एक साल के दौरान होमगार्ड की ड्यूटी और उनको किये गये भुगतान का आडिट कराने का फैसला किया है कल अमरोहा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि होमगार्ड ड्यूटी में फर्जोवाड़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए जहां जहां होमगार्ड ड्यूटी में फर्जावाड़ा सामने आया है वहां इसकी गहनता से जांच कराई जा रही हैं प्रदेश में अलग अलग मार्ग दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गये हैं एटा ज़िले के बागवाला थाना क्षेत्र में हिम्मतपुर गांव के पास आज सुबह हुए एक सड़क हादसे मे पांच लोगों की मौत हो गई और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी जिसकी वजह से कार में भीषण आग लग गई जिसमें एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जलकर मृत्यु हो गई दुर्घटना में घायल बालिका को आगरा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है उधर हरदोई के बिलग्राम इलाके में हिराराशनपुर गांव के पास तेज रफ़्तार ट्रक और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़न्त में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गये प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस महीने की तीस तारीख तक अभियान चला कर सभी तहसीलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सिलसिले में जरूरी काम पूरे किये जाये उन्होंने कहा कि योजना के तहत एक करोड़ ग्यारह लाख से ज़्यादा ऐसे मामले लम्बित है जिनमें पोर्टल पर अपलोड किये गये डाटा में उल्लिखित कृषक का नाम उसके आधार कार्ड में दर्ज नाम से भिन्न है जिसकी वजह से कृषकों को दी जाने वाली किस्ते उन्हें नहीं मिल पायेंगी मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि इस अभियान के जरिये तहसीलों के रिकार्ड रूम में राजस्व ग्रामवार किसानों के दस्तावेज़ निकाल कर उनके आधार कार्ड की छायाप्रति से मिलान कर नाम सही किये जाये उन्होंने बताया कि लगभग बीस लाख किसानों का विवरण ऐसा है जिसमें बैंक खाता सही न होने के कारण पीएफएमएस द्वारा उसे नामंजर कर दिया गया है

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कमार चौबे ने कल लोकसभा में यह जानकारी दी श्री चौबे ने बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मध्मेह हृदय और मस्तिष्क से संबंधी रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई हैं उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन का बायोटेक्नोलॉजी और कैंसर अनुसंधान विभाग कैंसर रोगियों के किफायती इलाज खोजने की पांच साल की अनुसंधान परियोजना में सहयोग कर रहा है

कर संग्रह बढ़ाने के लिए उन्होंने जटिल अनुपालन प्रक्रिया आसान करने और टक्स दरों में बार बार परिवर्तन पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया है उन्होंने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने पर भी बल दिया महाराष्ट्र में एक महीने से चल रहा राजनीतिक गतिरोध आज सुबह देवेन्द्र फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ख़त्म हो गया आज तड़के राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के बाद भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादो कांग्रेस पार्टी के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारो ने दोनों नेताओं को मुम्बई राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने चुनाव में स्पष्ट जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ गठजोड़ की कोशिशें कीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है न कि खिचड़ी सरकार की संवाददाताओं से बातचीत में उप मुख्य मंत्री अजित पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से आज तक कोई भी अन्य दल राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था ऐसी हालत में राज्य के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था